मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य के पंचायत प्रधानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की बातचीत प्रवासी मजदूरों को कोरोना जांच के साथ ही बेहतर सुविधायें मुहैया कराने पर दिया जोर झारखंड में जल्द ही अठारह से पैंतालीस वर्ष आयुवर्ग के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया होगी शुरू

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें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

चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए

अब तक डेढ करोड से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अगले तीन दिनों के भीतर बीस लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएंगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत विश्वसनीय और कृशल तकनीक है और इससे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है मंत्रालय ने कहा कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि छठीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडी बोकारो से तरल ऑक्सीजन लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गई है इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां तरल ऑक्सीजन लेने के लिए तेलंगाना के सिकन्दराबाद से ओडिशा के अंगुल के लिए रवाना हई

यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की व्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले की तर्ज पर लिया गया है

उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों के अलावा दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारेंटाइन करने कोरोना जांच कराने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कल देर रात जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आठ हजार पचहत्तर नये संक्रमित मरीज मिले राजधानी रांची में एक हजार सात सौ इकहत्तर मरीज मिले

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से टीकाकरण अभियान का हिस्सा बनने की अपील की

इसका उद्घाटन रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने किया उन्होंने कहा कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बेडों की संख्या में वृद्धि करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के प्रभारी डॉ डीकेएल चौहान से आनेवाले सभी मरीजों की स्क्रीनिंग करने के बाद कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार उनका उपचार करने को कहा उन्होंने मरीजों की गंभीरता की स्थिति के अनुसार ईलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा

इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में जिलावासियों को एडवांस सीटी स्कैन की सौगात एवं चिकित्सीय सुविधा को मजबूती दी गई है

उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है

उन्होंने सभी जीएनएम को कोविड ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल सुरक्षा के लिए तय मापदंडों व पीपीई किट की उपयोगिता पर विशेष प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है

जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की स्थिति स्थिर होने के बाद भी वे आईसीयू र्से डिस्चार्ज होना नहीं चाहते हैं इस कारण जरूरतमंद गंभीर रूप से ग्रसित कोरोना मरीजों को समय पर आईसीयू बेड उपलब्ध कराने में बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है उपायुक्त ने कहा कि धनबाद जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी कोविड अस्पताल प्रबंधनों को निर्देश दिया है यदि मरीज डिस्चार्ज के लिए पूरी तरह से योग्य हो तो उन्हें डिस्वार्ज करना भी सुनिश्चित करें जिससे अन्य गंभीर रूप से ग्रसित कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू में उपचार मिले और वे भी कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो सकें

इस हादसे में जान गवांए लोगों के पार्थिव शरीर कल शाम ही खूंटी पहुंचा था लेकिन देर शाम होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं किया गया था इस मामले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर जल्द मजदूरों के शव गांव पहंचाने के लिए प्रयासरत थे दूरभाष के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने मृतक के परिजनों से बातें भी की थीं और उन्हें आश्वस्त किया था कि मृतक मजदूरों के शव जल्द गांव लाये जायेंगे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का निधन हो गया है उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था

इसके अलावा चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी वे दो बार कर चुके थे भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहने के बाद वे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे चुके थे लक्ष्मण गिलुवा के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है

पुलिस को काफी दिनों से ट्रक और हाईवा से बैटरी चोरी करने की दर्जनों शिकायत मिल रही थीं

महोत्सव के दौरान दादा साहेब फाल्के पर आधारित पांच फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी

कोरोना लॉक डाउन से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए क्लैट प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ायी गई है

विभाग ने बोकारो गिरिडीह रामगढ़ सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जतायी है मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे मेघ गर्जन और आसमानी वजपात की आशंका को देखते हुए सतर्क रहें और पेड के नीचे या खेतों में न जाएं